इसी कम में कन्नौज और जौनपुर में आज हुआ इसका शुभारम्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के पूर्वांचल दौर के दूसरे दिन आज मिर्जापुर में चौतीस सौ करोड़ रूपये की लागत से बने बाणसागर परियोजना और चुनार में गंगा पर पुल सहित विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के वंचित और शोषित वर्ग के हित के लिए दशकों से लंबित पड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के अथक प्रयासों के कारण बाणसागर परियाजना पूरी हो सकी है

श्री मोदो ने कहा कि बाणसागर परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और इसका फायदा इस क्षेत्र के दो लाख से भी अधिक किसानों को मिलेगा उन्होंने कहा कि वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर में बाणसागार परियोजना का शिलान्यास किया गया था इसके बाद कॉग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई और गई लेकिन सिर्फ बातें और वायदे हुए लेकिन जनता को क्छ नहीं मिला श्री मोदी ने कहा कि बाणसागर परियोजना यदि पहले पूरी हो जाती तो जो लाभ आज मिलने जा रहा है वह दो दशक पहले मिलने लगता उन्होंने कहा कि पहली की सरकारों ने किसानों की कोई चिंता नहीं को किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आघी अधूरी योजनाएं बनाती रही उन्हें लटकाती रही इसके भुक्तभोगी आप सब लोग हैं आप सब उसके साक्षी हैं साथियों लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ की बाढ़ लागत परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी और उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना इसी दिशा में उठाये गये कदम ह एमएसपी घोषणाएं होती थी खरीदारी नहीं होती थी समर्थन मूल्य के अखबार में इस्तेहार दिए जाते थे फोटो छपवाए जाते थे वाहा वाही लूटी जाती थी लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं था क्योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव गरीब किसान की परवाह नहीं थी मैं आज सर झुकाकर कह रहा हूं मेरे भाईयों और बहनों हमने एमएसपी डेढ़ गुणा करने का वादा किया था आज उसको हमने धरती पर उतार दिया है प्रधानमंत्री ने टपक सिचाई पर जोर देते हुए कहा कि इससे हर तरह की खेती हो सकती है इससे पानी और पैसे की बचत के साथ साथ फसल अच्छी होगी उन्होंने विपक्षी दलों की सरकारों का योजनाओं को समय से पूरा नहीं करने और लागत घटाने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के एजेंडे में किसानों और गरीबों के हित कभी नहीं हुए उन्होंने लोगो से सामाजिक सुरक्षा और माइको सिंचाई जैसी योजनाओं का बढ़कर लाभ उठाने की अपील की मिर्जापुर से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भिर्जापुर के चेनईपुर में बहुप्रतीक्षित बाणसागर परियोजना व चुनार स्थित गंगा नदी पर बने पक्का पुल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए जिले की चार परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया श्री मोदी को सुनने के लिए भिर्जापुर सहित आस पास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए श्री मोदी ने न केवल अपनी सरकार और गरीबों के हित में उनकी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भी चर्चा की उन्होंने देश व प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारो द्वारा जानबूझ कर विकास कार्यो में देरी का आरोप भी लगाया

उत्तर प्रदेश में आज से पचास माइकान से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है पहले चरण में नगरीय निकाय क्षेत्रों यानी शहरों में पॉलिथीन के निर्माण बिकी भण्डारण व इसके आयात निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा आज के बाद किसी भी व्यक्ति अथवा विकेता के पास से प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलिथीन पाई जाती है तो उसे जब्त करके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी राज्यपाल रामनाईक ने इससे संबंधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशिक कूड़ा कचड़ा संशोधन अध्यादेश दो हजार अट्ठारह को मंजूरी प्रदान कर दी है इसका उल्लंघन करने पर छह माह तक के कारावास अथवा न्यूनतम पांच हजार रूपये एवं अधिकतम बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिथीन प्लास्टिक और थर्मोकोल में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध की घोषणा की है दूसरा चरण पन्द्रह अगस्त से शुरू होगा जिसम प्लास्टिक और थर्मोकोल के कप प्लेट और गिलास प्रतिबंधित किये जायेंगे इसके बाद दो अक्टूबर से सभी प्रकार के डिस्पोजबल पॉलि बैग पर भी प्रतिबंध लागू हो जायेगा

अमरोहा में जिलाधिकारी हेमन्त कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने रैली निकाली इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि लोग जब भी बाजार में जायें तो कपड़े का थैला लेकर जायें और इसे अपनी आदत में शामिल कर लें दुकानदारों से भी उन्होंने पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील की हमीरपुर में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में वक्ताओं ने पॉलिथीन को मानव जीवन के साथ पर्यावरण के लिए भी बेहद घातक बताया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

गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं इसी कम में आज कन्नौज जिला चिकित्सालय में स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत ने जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन किया जन औषधि केन्द्र पर कम दामों में बेहतर जेनरिक दवाएं उपलब्ध रहेंगी उधर जौनपुर में प्रदेश के नगर विकास अभाव सहायता एवं पुनर्वास राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में खुलने वाला यह पहला प्रधानमंत्री जन औषधि कन्द्र है उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी और डॉक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल में अधिक से अधिक मरीजों को जन औषधि केन्द्र में मौजूद दवाइयों को लिखा जाये ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके